कोरोना वायरस के संकमण की रोकथाम के लिये राज्य सरकार हुई सतर्क भोपाल सहित पांच ट्रिपल आईटी बनेंगे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

अयोध्या टूस्ट केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन का फैसला किया है लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र होगा

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तरप्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने पर सहमत हो गई है उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट मंदिर के निर्माण से संबंधित फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह हिन्दू मुसलमान सिख ईसाइ बौद्ध पारसी या जैन हो एक ही परिवार का सदस्य है इसके बाद शाम को गृह मंत्रालय ने ट्रस्ट की अधिसूचना जारी करते हुए उसे गजट में प्रकाशित कर दिया

कोरोना वायरस कोरोना वायरस से बचाव के लिए राज्य सरकार सतर्कता बरत रही है

इनमें से किसी में भी कोरोना वायरस का संकमण नहीं मिला वहीं अशोकनगर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि ईसागढ़ तहसील में कोरोना वायरस से संकभित होने का संदिग्ध मामला सामने आया है यह व्यक्ति कुछ दिन पहले ही चीन से भारत लौटा है

गुना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला क्षय अधिकारी डॉ आरएस राजपूत ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण एवं जागरूकता पर प्रशिक्षण दिया वहीं इंदौर में चीन से लौटने पर युवकों को अस्पताल में भर्ती कर जांच की जा रही है

सर्वे के माध्यम से वंचित लोगों की जांच कर उन्हें गरीबी रेखा की सूची में शामिल किया जायेगा यह सर्वे केंद्र सरकार द्वारा तैयार कराये गये ईओएल मोबाईल एप पर होगा

पखवाड़ा के दौरान खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन तथा भंडारण की रोकथाम के लिए कलेक्टर डॉ जगदीश चन्द्र जटिया द्वारा अनुभाग स्तर पर दल गठित किए गए हैं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है रतलाम वित्तीय साक्षरता रतलाम में वित्तीय साक्षरता के लिए सेन्ट्रल बैंक द्वारा आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कार्यशाला का आयोजन किया गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित कार्यशाला में विभिन्न ऋण उत्पाद उद्यमी बनने के लिए शासन की योजनाओं डिजीटल बैंकिंग घोखाधड़ी करने वाले ई मेल एमसएमएस फोन काल आदि के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी प्रदान की गई

इस विधेयक के जरिए निजी सरकारी भागीदारी के तहत बने इन पांचों संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जाएगा इसके साथ ही सभी आईआईआईटी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बन जाएगें मध्यप्रदेश मंत्रि परिषद मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है इस नीति से दो या दो से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतो से विद्युत उत्पादन संभव होगा जिसमे ऊर्जा भण्डारण भी शामिल हो सकता है

यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा जिसमें इस कानून को संविधान की भावनाओं के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया है मौसम राज्य के कई हिस्सों में तेज ठंड के साथ बारिश भी हो रही है सिवनी बालाघाट रीवा और मंडला के कुछ हिस्सों में बारिश हुई अनूपपुर में कल हुई बारिश के बाद आज सुबह से ही कोहरे से दृश्यता घट गई जिले में ठिदुरन से लोग हलाकान हैं उमरिया संवाददाता की रिपोर्ट को अनुसार उमरिया में भी बूंदाबांदी होने से यहां भी घना कोहरा छाया रहा इससे दलहनी फसलों को नुकसान पहुंचा है उधर शहडोल में भी बारिश हुई

बारिश के साथ ही पारा भी तेजी से गिरा है

यह बात मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अजय कुमार चौहान ने कहीं

ऑपरेशन क्लीन मनी के मद्देनजर इस अभियान को चलाया गया था जिसमें विभाग को बड़ी सफलता मिली है